म्ख्यमंत्री ने कई हड़ताली कर्मचारियों के साथ अधिकारियों को भी निलम्बित करने के आदेश दिए

अधिकतर स्थानों पर अखिल भारतीय विदयार्थी परिषद के उम्मीदवार जीते

हरियाणा में आज भी कई जगह रोडवेज़ कर्मचारियों ने हड़ताल की हालांकि उनकी हड़ताल का कई जगह असर देखने को नहीं मिला अम्बाला में सामान्य दिनों की तरह बसें चली पलवल और यमुनानगर से मिली जानकारी के अन्सार हड़ताल के कारण बहत कम बसे चली जिस कारण यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ा पलवल में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भी आज हड़ताली कर्मचारियों का साथ दिया कर्मचारी तालमेल कमेटी के नेता रामबीर पंचाल ने कहा कि किलोमीटर स्कीम पर साढ़े सात सौ बसों को चलाने का फैसला जनता व रोडवेज़ क हित में नहीं है इधर पंचकुला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रोडवेज़ कर्मचारियों की खुद से सम्बधित कोई मांग नहीं है

उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा परिवहन की दो दिन से चल रही रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जनता को हो रही अस्विधाओं के मद्देनजर कड़ा संज्ञान लेते हए आज समीक्षा बैठक की और हड़ताली कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी निलम्बित करने के आदेश दिए समीक्षा बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया कि प्रोबेशन अवधि पर चल रहे जिन चालकों ने कल व आज की हड़ताल में भाग लिया उनकी सेवाओं को बिना कारण बताओ नोटिस के आज से ही समाप्त किया जाएगा

म्ख्यमंत्री ने कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों पर भी कड़ा संज्ञान लिया और पलवल के महाप्रबंधक व बहादुरगढ़ के वर्कस मैनेजर को भी निलम्बित करने के भी निदेश दिए इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की पर्दे के पीछे हड़ताल में रही भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए इसके अलावा प्रोबेशन पर चल रहे जिन नव निय्क्त लिपिकों ने हड़ताल में हिस्सा लिया उन्हें भी निलम्बित करने का निर्णय लिया गया

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि बाल यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकता है फिर चाहे उसकी मौजूदा उम्र कितनी भी हो उन्होंने पीड़ियों से अपनी शिकायत पोस्को ई बाक्स् के जरिये दर्ज कराने का आहवान किया मंत्री ने कहा कि अकसर बच्चे ऐसे अपराधों की शिकायत करने में असमर्थ होते है क्योंकि ज्यादातर मामलों में अपराधी या तो परिवार का ही कोई सदस्यकोई रिश्तेदार या नजदीकी होता है उन्होंने कहा कि अध्ययनों से भी यह पता चला है कि बच्चे ऐसे मानसिक आघात को जीवन को जीवन में बहत आगे तह अपने अंदर छिपाए रखते है इस आधात से बाहर निकलने के प्रयास में बहत से व्यस्क अपने बाल्यकाल में ऐसे आघातों से पीडि़त होने की शिकायत करने के लिए आगे आ रहे है

यदि कोई दोषी ये ज्र्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सज़ा भ्गतनी होगी अतिरिक्त न्यायाधीश डी आर चालिया ने ये फैसला सुनाते हए कहा कि रामपाल को पहले ही एक हत्या मामले में आजीवन कैद की सज़ा दी गई और आज के म्कदमें में भी हत्या का मामला है ऐसे में दोनों मे एक ही सज़ा को बरकरार रखा जाता है उधर रामपाल के वकील ने कहा है कि वे फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय मे अपील करेंगे गौरतलब है कि आज जिस मामले मे सज़ा स्नाई गई उसमें एक रजनी नाम की महिला की मौत हई थी रामपाल सहित छ लोग ऐसे है जो दोनों म्कदमों में दोषी है

कृल मिलाकर च्नाव शांतिपूर्ण रहा पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि सैकटर एक के सरकारी कालेज में घोषित परिणाम के अनुसार प्रधान उप प्रधान महा सचिव व संयुक्त सचिव सहित सभी पदों पर अखिल भारतीय विदयार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है यम्नानगर के दस महाविद्यालयों में हुए छात्र संघ च्नावों में ज्यादातर पदों पर अखिल भारतीय विदयार्थी परिषद की उम्मीदवारों को ही जीत मिली पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा में छात्रसंघ मे स्वयं पोषित निजी महा विदयालयों के छात्रों के भाग लेने से वंचित किए जाने के विरूदव दायर एक और याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है याचिका में कहा है कि हरियाणा सरकार ने ऐसी बंदिशें लगा कर छात्र संघ च्नावों के मुख्य उद्देश्य को कमजोर किया है

टंकेश्वर कमेटी ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश को तोड़ मरोड़ दिया है

पंचक्ला नगर निगम ने शहर में आपात्तकालीन स्थिति के लिए शहर की विभिन्न जगहों पर पैनिक बटन लगाए है पंचकूला नगर निगम के कमिश्नर राजेश जोगपाल ने एक पत्रकारवार्ता के दौरान यह जानकारी दी नगर निगम व् पंचक्ला प्लिस द्वारा आज इनकी परख पंचक्ला प्लिस के कंट्रोल रूम में की गई नगर निगम के कमिश्नर राजेश जोगपाल ने बताया कि अभी इन पैनिक बटन की एक महीने तक इस पर जाँच की जाएगी उन्होंने बताया कि एक महीने के ट्रायल में जिन स्धारो की आवश्यकता होगी वह स्धार भी किये जायेगे उन्होंने बतायाकि इन पेनिक बटनों में प्लिस फायर ब्रिगेड और एम्ब्लेंस केन्द्रो का कंट्रोल होगा और जिस बटन को दबाया जायेगा उसका आलार्म उस विभाग में जाकर बजेगा कमिश्नर नगर निगम ने बताया कि यह पैनिक बटन पहले महिला स्रक्षा के मद्देनजर बस किय् शेल्ट्रो में लगाए जाने थे लेकिन उनके द्वारा इसका विस्तार करते हुए शहर के कई हिस्से इसके साथ जोड़े है उन्होंने बताया कि इस तरह के पेनिक बटन ट्राईसिटी में पहली बार लगाए गए है पत्रकार वार्ता में मौजूद पंचकूला प्लिस के डीसीपी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि इन पेनिक बटनों का प्रयोग कर प्लिस सहायता जल्द दी जा सकेगी आज हरियाणा सहित देशभर में द्र्गा अष्टमी का त्यौहार पूरी श्रद्वा एवं उल्लास के साथ मनाया गया लोगों ने मंदिरों में पहंचकर मां को प्रजा अर्चनना की पंचकूला के विधायक ज्ञानंचंद ग्प्ता उद्योग मंत्री विप्ल गोयल ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कालका स्थित प्रसिदव काली मंदिर मे यज्ञ में भाग लिया यम्नानगर के प्राचीन श्री जंगलावाली मंदिर बूडिया के श्री द्र्गेश्वरी मंदिर और जगाधरी के प्राचीन देवी भवन मंदिर सहित कई प्रसिद्व मंदिरों से द्र्गाअष्टमी मनाए जाने के समाचार मिले है हरियाणा के नम्बरदारों का मानदेय दोगुणा करने पर हरियाणा नम्बरदार संघ ने म्ख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है

मानदेय उनके खातों में सीधा जमा करवाया जायेगा